शून्यकाल भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी अधिसुचनाओं में कहा गया है कि चौदह सितंबर से एक अक्तबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा दोनों सदन शुक्रवार और रविवार को भी काम करेंगे कोविड महामारी को देखते हुए दोनों सदनों की बैठक दो पाली में सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर बाद तीन बजे से शाम सात बजे तक होगी पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक स्बह की और लोकसभा की बैठक शाम की पाली में होगी देश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग सतहत्तर प्रतिशत हो गई है अब तक इस संक्रमण से उन्तीस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में बासठ हजार छबीस मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छटटी दी गई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब यह कूल मामलों के इक्कीस दशमलव दो छह प्रतिशत पर आ गया है सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर तीन दशमलव छह गुणा हो गई है मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चार गुणा तक पहंच गई है सरकार द्वारा टैस्ट ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढी है और मृत्यू दर में कमी आई है इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात छह है पिछले चौबीस घटों में अठहत्तर हजार तीन सौ सत्तावन नये मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटों में महाराष्ट्र आन्ध्रप्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुल मामलों के पचास प्रतिशत मरीज सामने आये हैं इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या आठ लाख एक हजार दो सौ बयासी है पिछले चौबीस घंटों में हई एक हजार पैंतालिस मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से छाछठ हजार तीन सौ तैंतीस लोगों की मौत हो चुकी है देश में पिछले चौबीस घंटे में दस लाख बारह हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई भारत में पिछले पांच महीनों में कोविड जांच क्षमता में काफी वृद्वि हई है इस वर्ष तेईस मार्च को कोविड नमूनों की जांच के लिए केवल एक सौ साठ प्रयोगशालाए थीं जो आज बढ़कर एक हजार छ सौ चौदह हो गई हैं इनमें से एक हजार उन्नीस प्रयोगशालाए सरकारी हैं जबकि पांच सौ पंचानबे निजी प्रयोगशालाएं हैं अब तक लगभग चार करोड़ तैंतालिस लाख सैंतीस हजार नमूनों की जांच की जा चुकी है देश में संक्रमण दर में भी कमी आई है और यह लगभग आठ दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है राजस्थान उत्तरप्रदेश पंजाब और मध्यप्रदेश में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से भी कम है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुसार प्रति दस लाख की जनसंख्या पर प्रतिदिन एक सौ चालिस से अधिक जांचे की जा रहीं हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने स्वदेशी एप के प्ले स्टोर पर पहले दस स्थान पर आने पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्पीट में श्री जावेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्मर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी एप विकसित करने के लिए लोगों का आह्वान किया था प्रधानमंत्री ने कुट्की किड्स लर्निंग एप चिंगारी एप आस्क सरकार एप स्टेप सेट गो एप का भी उदाहरण दिया था पुर्णिया विश्वविद्यालय बिहार के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह को दीनदयालय उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का नया कलपति नियुक्त किया गया है राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आज राजभवन से उनका नियुक्ति पत्र जारी किया प्रोफेसर सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये कुलपति का कार्य करेंगे अपनी आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी लेकर आए है जिसका विना किसी विदेशी सहायता के देश में ही विकास किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार ने भारतीय विशेषज्ञो से मोबाइल एप्लिकेशन के विकास के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे इस प्रतियोगिता में चुने गए ऐप ऐप स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं इस प्रतियोगिता में चुना गया आस्क सरकार ऐप सरकारी योजनाओं परियोजनाओं और नीतियों की प्रामाणिक जानकारी देता है यह ऐप बारह से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में भी जानकारी प्रदान करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह अपने मन की बात संबोधन में कहा था कि प्रामाणिक जानकारी के बारे में उत्सुकता रखने वालों के लिए यह ऐप बहुत उपयोगी है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार दो हजार इक्कीस के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख पन्द्रह सितंबर तक बढ़ा दी गई है यह पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रतिभाशाली बच्चों व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार पाने वाले बच्चे छब्बीस जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते है